स्कूल प्रबंधन को कोरोना को लेकर निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं की सरव्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने को भी कहा गया है

इन स्कूलों में हर घर पाठशाला के तहत ऑनलाईन शिक्षा प्रणाली जारी रहेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो काफ्रेंस के माध्यम से इस अभियान की शुरूआत करेंगे कोविड टीकाकरण का यह अभियान देश के हर हिस्से में शुरू किया जा रहा है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ तीन हजार छह स्थानों पर टीकाकरण की शुरूआत होगी इस टीकाकरण कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को विन का इस्तेमाल किया जाएगा इसके माध्यम से टीके के स्टॉक रखे जाने के स्थान का तापमान और टीके के लाभार्थियों की पूरी जानकारी हर समय उपलब्ध रहेगी

इस टीकाकरण कार्यक्रम में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा जिनमें सरकारी और निजी क्षेत्रों के अलावा समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के कार्यकर्ता शामिल हैं

कुल्लू जिले को दो हजार छः सौ डोज प्राप्त हुई हैं और कल सौ स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा

लाहौल स्पिति जिले के केलंग में कल पहले चरण में सौ स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा हमारे जिला संवाद्दाता कुंदन लाल के अनुसार जिले में टीकाकरण के लिए केलंग व काजा में दो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं मगर काजा में वैक्सीन न पहुंचने के कारण कल ये अभियान शुरू नहीं किया जा सकेगा

सोलन में खंड विकास अधिकारी ललित दुल्टा ने बताया कि मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है और डियूटी में तैनात कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करना होगा मण्डी जिले में चुनावों की प्रक्रिया को सम्पन्न करवाने के लिए पांच हजार कर्मचारी तैनात किए गए हैं